स्वामित्व योजना में सम्पत्ति कार्ड वितरण का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्छ सम्पत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की कार्यकम में ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के अभूतपूर्व विकास के लिए यह ऐतिहासिक कार्य हो सका है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ सम्पत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है इसी कड़ी में कोरोना योद्वा डॉ अमिताभ मित्रा ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई है

वहीं टीकमगढ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है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

इस दौरान हए संघर्ष में एक वृद्ध महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई